अब तक दो लाख पचपन हजार से अधिक लोग स्वस्थ हुये

ठंड में मामूली सुधार बुलेटिन की शुरूआत इस संकल्प के साथ कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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

नेताजी का जन्म आज ही के दिन वर्ष अठारह सौ संतानवे में ओडिसा के कटक में हुआ था केन्द्र सरकार ने हर वर्ष तेईस जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज साल भर चलने वाले समारोहों का कोलकाता में उद्घाटन करेंगे इससे पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा था कि नेताजी के विचार और आदर्श लोगों को मजबूत बनाते हैं

दूरदर्शन और आकाशवाणी नेताजी के जीवन और कालखंड पर चर्चाओं वृत्तचित्रों और अन्य कार्यक्रमों का प्रसारण करेंगे आकाशवाणी पटना के प्रादेशिक समाचार एकांश की ओर से आज शाम पौने आठ बजे नेताजी के जीवन पर आधारित एक विशेष रेडियो रिपोर्ट का प्रसारण किया जायेगा

इस संगठन के सिपाही रहे ग्रूबख्श सिंह ढ़िल्लन के पूत्र सर्वजीत सिंह ढ़िल्लन ने पराक्रम दिवस मनाने के सरकार के फैसले की सराहना की है

स्वास्थ्य विभाग ने अनूसार पांच प्रमंडल भागलप्र मगध दरभंगा कोसी और मुंगेर के उन्नीस जिलों के तीन सौ केन्द्रों पर सोमवार और गुरूवार को जबकि चार प्रमंडल पटना पूर्णियां सारण और तिरहुत प्रमंडल के जिलों में मंगलवार और शनिवार को टीका लगाया जायेगा प्रदेश में अब तक तिरसठ हजार बत्तीस स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड उन्नीस के टीके लगाए जा चुके हैं लोगों को सुरक्षा का एहसास कराने के लिए कल स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत समेत कई अधिकारियों ने टीका लगवाया वहीं पटना जिले की सिविल सर्जन डॉक्टर विभा कुमारी ने बताया कि जिले के सभी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में सौ के बदले दो सौ लोगों को एक दिन में कोरोना का टीका दिया जायेगा दरभंगा के जाने माने चिकित्सक डॉक्टर गौरी शंकर झा और उनके अस्पताल के स्वास्थ्यकर्मियों ने टीका लगवाया उन्होंने कहा कि टीका लगाने से कोई परेशानी नहीं हुई है

युवा कल्याण निदेशक डॉक्टर संजय कुमार सिन्हा ने बताया कि खेल मैदानों को साफ सफाई के साथ सेनेटाईज कराना होगा खिलाड़ी और प्रशिक्षकों की थर्मल स्क्रीनिंग कराई जायेगी साथ ही खेल परिसर में सीसीटीवी से निगरानी की जायेगी निदेशक ने बताया कि खेलों के प्रशिक्षण को चार समूहों में बांटा गया है उन्होंने कहा कि एथलेटिक्स बैडमिंटन तीरंदाजी टेनिस और कुछ अन्य खेलों में खिलाड़ियों की अधिकतम संख्या पन्द्रह होगी प्रदेश में कोविड उन्नीस से स्वस्थ होने की दर बढ़कर अंठानवे दशमलव तीन दो प्रतिशत हो गयी है स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर दो लाख पचपन हजार पांच सौ अड़तीस हो गयी है वहीं इसी अवधि में एक सौ अड़सठ नये मामलों की पुष्टि के साथ ही संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर दो लाख उनसठ हजार छह सौ सत्रह हो गयी पिछले चौबीस घंटों में तेरह जिलों से एक भी पॉजिटिव मामला सामने नहीं आये हैं राज्य में फिलहाल सक्रिय मामलों की संख्या दो हजार छह सौ छह है प्रधानमंत्री ने कहा कि वैक्सीन के आपात उपयोग की अनुमति देना राजनीतिक फैसला नहीं है बल्कि डॉक्टरों और वैज्ञानिकों के साथ कई दौर के विचार विमर्श के बाद यह फैसला किया गया है प्रधानमंत्री ने यह कहते हुए विपक्षी दलों पर कटाक्ष किया कि जब वैक्सीन उपलब्ध नहीं थी तो ये वैक्सीन वैक्सीन चिल्ला रहे थे लेकिन अब वैक्सीन आ गई है तो वे इनमें खामियां निकाल रहे हैं प्रधानमंत्री से बातचीत में कई लाभार्थियों ने कहा कि टीका लगवाने से उन्हें कोई परेशानी नहीं है राज्य के सभी थानों में अप्रैल महीने से ऑनलाईन शिकायत दर्ज करायी जा सकेगी पुलिस आध्रनिकीकरण के महानिदेशक डॉक्टर केके सिंह ने बताया कि इसके लिए पुलिस विभाग एक पोर्टल लांच करेगा उन्होंने कहा कि इस पोर्टल पर नौ सुविधाएं लोगों को मिलेगी श्री सिंह ने कहा कि राज्य में नौ सौ थानें है जिनमें से पांच सौ पचास थाने ऑनलाईन किये जा चुके हैं राज्य सरकार ने संविदा के आधार पर नियुक्ति करने के लिए नये दिशा निर्देश जारी किये हैं राज्य सरकार के अनुसार संविदा पर बहाल व्यक्ति सरकारी सेवक नहीं माने जायेंगे उन्हें केवल सरकारी सेवक वाली सुविधा दी जायेगी नियुक्त व्यक्ति सरकारी सेवा में नियमित किये जाने का दावा भी नहीं कर सकेगा उसे एक माह की पूर्व सूचना या एक माह का मानदेय देकर उसकी सेवा समाप्त की जा सकेगी नियुक्त संविदा कर्मी का मानदेय विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति तय करेगी जब नियमित नियुक्तियां होंगी उस दौरान भर्ती प्रक्रिया में ऐसे संविदा कर्मियों को आवेदन करने के दौरान उम्र सीमा में छूट दी जायेगी मौसम विभाग ने कहा है कि अगले दो दिनों तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मध्यम से घना कोहरा छाया रहेगा मौसम विज्ञान केन्द्र पटना से प्राप्त जानकारी के अनुसार बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने सिस्टम और अरब सागर से आ रही हवा के चलते सुबह और शाम के समय घने कोहरे की स्थिति देखी जा रही है कोहरे के कारण कई स्थानों पर दृश्यता घटकर दो सौ मीटर से भी कम हो गयी है पटना और दरभंगा हवाई अड्डे पर विमानों की आवाजाही प्रभावित हुई है द्रश्यता कम होने के कारण कई रेलगाड़ियां घंटों विलंब से चल रही है पटना और आस पास के क्षेत्रों में सुबह से ही घना कोहरा छाया हुआ है इधर राज्य में पछुआ हवा की रफ्तार कमजोर पड़ने से ठंड में मामूली सुधार हुआ है पिछले चौबीस घंटों के दौरान पटना का न्यूनतम तापमान दस डिग्री सेल्सियस के आस पास दर्ज किया गया राज्य के आंगनबाड़ी केन्द्रों पर अप्रैल महीने से बच्चों को डिब्बा बंद खाना मिलेगा विभाग के अधिकारियों के अनुसार शिक्षा विभाग के साथ मिलकर यह योजना चलाई जायेगी शिक्षा विभाग ने मैट्रिक और इंटर के परीक्षार्थियों के लिए एक नया दिशा निर्देश जारी किया है विभाग ने कहा है कि परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका के बाये हिस्से में विषय का नाम और उत्तर देने का माध्यम लिखेंगे जबकि दायीं ओर प्रश्नपत्र का सेट कोड लिखेंगे वीक्षकों को जिम्मेदारी दी गयी है कि परीक्षार्थी सही से जानकारी भरे निगरानी जांच ब्यूरो ने बेगूसराय जिले के बरौनी प्रखंड के बभनगामा पंचायत के मुखिया मनोज चौधरी और उसके एक सहयोगी को हर घर नल जल योजना में दस हजार रुपए घूस लेते गिरफ्तार किया है जमुई जिले के आदर्श थाना जमुई क्षेत्र से उत्पाद विभाग की टीम ने एक कार से दो सौ चौबीस बोतल विदेशी शराब के साथ दो लोगों को गिरफ्तार किया है सुपौल जिले के सदर थाना क्षेत्र पुलिस ने सात अपराधियों को अट्ठाई किलो चांदी के गहनों के साथ गिरफ्तार किया है पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार ने बताया कि अपराधियों ने दस जनवरी को रामदत्तपट्टी गांव निवासी व्यवसायी देबनारायण चौधरी के घर से लाखों रूपये मूल्य की संपत्ति लूट ली थी एसपी ने बताया कि अपराधियों के पास से चांदी के जेवरात के साथ दो सौ ग्यारह ग्राम सोना इकसठ हजार रुपये चार देसी पिस्तौल एक कारतूस घटना में प्रयुक्त एक जीप एक मोटरसाईकिल और अन्य सामान बरामद किये गये हैं वहीं खगड़िया जिले में नगर थाना पुलिस ने अस्सी ग्राम सोना एक मोटरसाईकिल बारह हजार नकद और दो मोबाईल के साथ दस अपराधियों को गिरफ्तार किया है मधेपुरा जिले के सिंहेश्वर थाना क्षेत्र में अपराधियों ने एक निजी फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी से छह लाख बारह हजार रुपये लूट लिये वहीं भागलपुर जिले के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र में अपराधियों ने हथियार के बल पर एक शिक्षिका से लगभग एक लाख रुपये मूल्य की संपत्ति लूट ली

अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनायी है हिन्दुस्तान ने केन्द्र सरकार और किसानों के बीच चल रहे समझौता वार्ता पर लिखा है केन्द्र का कड़ा रूख किसान भी अडिग दैनिक जागरण ने कर्नाटक में डायनामाईट विस्फोट को बड़ी खबर बनाते हुये लिखा है डायनामाईट विस्फोट में बिहार के आठ श्रमिकों की गयी जान प्रभात खबर की सुर्खी है बसपा के इकलौते विधायक जमा खां जदयू में शामिल सुमित का समर्थन दैनिक भास्कर की बड़ी खबर है फ्लैट का पैसा न लौटाने पर अग्रणी होम्स के एमडी व निदेशक पर चलेगा मुकदमा

अब तक दो लाख पचपन हजार से अधिक लोग स्वस्थ हुये

ठंड में मामूली सुधार